बीकानेर में जमीन सौदे मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज फिर करेगा रोबर्ट वाड्रा से प्रछतांछ राज्य विधानसभा में आज पेश किया जायेगा अगले वित्त वर्ष के लिये लेखानुदान

पिछले पांच दिनों से चल रहे गुर्जर आंदोलन का हल निकालने के लिए कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई

खेल और परिवहन राज्य मंत्री अषोक चांदना ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मीद जताई कि आज गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जायेगा उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि गूर्जरों सहित पांच जातियों को पांच प्रतिषत आरक्षण मिले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

कल दिनभर पूछताछ के बाद आज फिर से उन्हें बुलाया गया है ईडी ने श्री वाड्रा से कल सुबह साढ़े दस बजे पूछताछ शुरू की थी जो रात साढ़े आठ बजे समाप्त हुई हालांकि कुछ सवाल बाकी रह गये जिनके लिये उन्हें आज सुबह साढ़े दस बजे फिर तलब किया गया है

श्री बेरवाल ने बताया कि विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम भी समय पर जारी कर दिया जाएगा

इसके तहत वेतन पेंशन जिला प्रशासन न्याय प्रशासन पर पैसा खर्च करने के लिये विधानसभा से मंजूरी ली जाती है इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में लेखानुदान को अंतिम रूप दिया उनके साथ वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से अनुरोध किया कि किसानों से जुड़े आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराए जाए ताकि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत उनकी सहायता राशि उनके खातों में डाली जा सके

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने ये जानकारी दी कल जयपुर में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने के निर्देश दिये हैं

ई मित्र केन्द्रों को इसके लिये दिये जाने वाले शुल्क को राज्य सरकार के स्तर पर वहन किया जायेगा

इस मामले में एक और आरोपी परसराम विश्नोई के अंतरिम जमानत आवेदन पर कल सुनवाई होगी

घायलों को पिलानी के बिरला अस्पताल ले जाया गया जहां से एक की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपूर भेज दिया गया सीरी के कार्यवाहक निदेशक डॉ जमील अख्तर ने पत्रकारों को बताया कि आग का कारण और इसकी वजह से हुए नुकसान की जांच के लिये कमेटी का गठन किया जा रहा है

चालक ने विमान से कूदकर अपनी जान बचाई दुर्घटना के कारणो का पता नहीं चल सका है

इसके तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने अपने आवास पर झण्डा और स्टीकर लगाया गया